स्वीप कार्यक्रम के तहत आज भी प्रदेशभर में हो रही है कई गतिविधियां जयपुर में आयोजित हुई मैराथन दौड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संपूर्ण ब्रह्माण्ड में शांति की स्थापना भारत की संस्कृति रही है और गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास ही शांति का प्रतीक है

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की शुरूआत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित करने की बात करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने राष्ट्र को जोड़ने का काम किया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण असंतुलन पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत भी पर्यावरण समस्या से अछूता नहीं है

प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें त्योहारों और बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य के साथ समाज के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रदेशभर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज से दो दिन के झालावाड़ दौरे पर है

इधर टिकट बंटवारे को लेकर कल नई दिल्ली में कांग्रेस स्कीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गयी बैठक में स्कीनिंग कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कमेटी के अन्य सदस्यों ने भाग लिया निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल कल जयपुर में आयोजित किसान हुंकार रैली में नये राजनैतिक दल की घोषणा करेंगे श्री बेनीवाल ने जयपुर में पत्रकारों को बताया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारी बारी से किए जा रहे कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और इससे मुक्ति चाहती है उन्होंने कहा कि नयी पार्टी में समान विचारधारा वाले नेताओं को सम्मान दिया जाएगा इस बीच बेनीवाल आज जयपुर में रोड शौ के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे है

प्रदेश में शत प्रतिशत मतदान के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है जयपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज जेएलएन मार्ग पर लेट्स वोट जयपुर मैराथन का आयोजन किया गया दौड को मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया दो श्रेणियों में आयोजित इस दौड़ में तीन हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया

उदयपुर जिले के मदार ग्राम पंचायत में कल दिव्यांगजन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा आस्था संस्थान के सहयोग से ग्राम पंचायत में दिव्यांग जागरूकता रैली निकाली गई कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता उपनिदेशक द्वारा दिव्यांगजन और उनके परिजनों को भय मुक्त मतदान के लिये प्रेरित किया गया

इस अवसर पर देशभर में रन फोर यूनिटी यानि एकता के लिये दौड का आयोजन किया जायेगा प्रदेश में इस दिन सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेगें इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ और बैण्ड के साथ मार्चपास्ट भी आयोजित किया जायेगा राजस्थान के पूर्व राज्यपाल ओर वरिष्ठभाजपा नेता मदन लाल खुराना का कल नई दिल्ली में निधन हो गया

श्री खुराना लम्बे समय तक दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे इसक अलावा उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में भी विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी थी राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से आयोजित की जा रही है आज पहले दिन सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र लिया गया

आयोग ने इस बार परीक्षा के दौरान इन्टरनेट सेवाएं बंद नहीं रखने का निर्णय लिया है

एशियाई हॉकी की दो चिर प्रतिद्वदी टीमों भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन चैम्पियन्स ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला आज खेला जाएगा भारतीय टीम चौथी बार और पाकिस्तान टीम पांचवी बार इस टूर्नामेंट र्के खिताबी मुकाबले में पहुंची है दोनों ही टीमों को अपने अपने सेमीफाइनल जीतने के लिए कडी मशक्त करनी पड़ी थी